उन्होंने कहा कि इन तीनों को यह जिम्मेदारी जनता की भागीदारी के साथ निभानी चाहिए वे आज नई दिल्ली में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे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 राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान स्वतंत्र भारत का आधुनिक और भारतीयों के लिए प्रेरणादायिक सजीव दस्तावेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधाण दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है श्री मोदी एन ट्वीट में कहा कि इस अवसर पर देश संविधान सभा के महान निहित मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने अंजाव जिलें के हायोलियांग क्षेत्र स्थित चिरांग गांव के सेना फायरिंग रेंज के पास दुर्घटना बस एक बम विस्फोट में तीन बच्चों की आकस्मिक मौत पर दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक बच्चे के परिजनों को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है श्री खांडू ने क्षेत्र के लोगों से फायरिंग रेंज के आसपास न जाने की सलाह दी है उन्होंने सेना से भी ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में खतरे की सूचना का बोर्ड लगाने को कहा है गौरतलब है कि बच्चों को गांव के सैन्य फायरिंग रेंज से लाईव बम मिला था और खतरे से अनजान बच्चे इसे एकत्र कर रहे थे उसी दौरान यह विस्फोटक की घटना हुई नोक्ते सामुदाय का कृषि आधारित उत्सव चालोलाकू कल राज्यभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया देओमाली में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने समुदाय के लोगों से अपनी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण पर जोर देने को कहा उन्होंने कहा कि अरुणाचल त्योहारो की भूमि है और हमे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना चाहिए श्री मेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में समान विकास पर जोर दे रही है उत्सव समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव और मंत्री वांकी लोवांग भी उपस्थित थे स्थानीय प्रसाशन और तवांग सैन्य गैरीसन द्वारा संयुक्त रुप से आगामी अटठाईस और उनतीस नवबंर को तवांग में मैत्री दिवस बहु सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा मैत्री दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है नाग़रिकों और भारतीय सेना के बीच रिश्ते को मजबूत करना है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दोरजी खांडू ने वर्ष दो हजार चार में मेत्री दिवस की शुरुआत की थी

उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के संबंद्व में आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया इस अवसर पर मेघालय के राज्यपाल तथागत रोय ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रुप से अरुणाचल प्रदेश के संभावित पहलुओं को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रुप में विकसित किया जाना चाहिए केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि देश में पिछले चार वर्षों में दुग्ध के उत्पादन में अट्ठाईस प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय द्रग्घ दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि इस अवधि में दुग्ध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति उनहत्तर ग्राम बढ़कर तीन सौ छिहत्तर ग्राम हो गया उन्होंने कहा कि पशुधन भूमिहीनों और सीमांत किसानों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करता है केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण एन डी एस ए के स्थापना दिवस का उदघाटन करेंगे जिसका इस साल विषय आपदाओं के लिए त्वरित चेतावनी है इस अवसर पर विभिन्न हितधारक अतिसंवेदनशील सहित सभी संबंधित पक्षों के लिए समय पर और उचित त्वरित चेतावनी जारी करने में उनकी भूमिका और मुख्य चेतावनियों तथा रुप रेखा तैयार करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे